कल आईजोल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय संसाधनों को ध्याम में रखकर डोनर ने रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं पर ध्यान दिया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद के वित्तीय आवंटन में बढ़ोत्तरी की है जिससे लंबित परियोजनाओं को भी पूरा किया जा सका है विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज आस्ट्रेलिया के सिडनी में महात्मा गांधी और भगवान महाबीर की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया इस अवसर पर आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त न्यू साउथ वेल्स के शिक्षा मंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे महात्मा गांधी के एक सौ पचासवीं जयंती पर श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपूर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पी डी सोना ने कहा कि महत्मा गांधी और भगवान महाबीर ने मानव कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया उनकी शिक्षाएं सदैव विश्व को शांति और मानव कल्याण का मार्ग दिखाएगी तिरप जिले के खोंसा वेस्ट विधानसभा सीट के लिए इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की बारह कंपनियां तैनात की गई है पुलिस अधीक्षक करदाक रिबा ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्रक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए है इस चुनाव में तिरोंग अबोह की पत्नी चाकत आबोह और अजित हेमटॊक निर्दलिय उम्मीदवार है इस सीट के लिए किसी भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए है सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस सहित सभी बड़ी राजनैतिक पार्टिया चाकात आबोह का समर्थन कर रही है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क यातायात अपराधों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के साथ भी मुकदमा चलाया जा सकता है शीर्ष न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के दोसियों पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियो की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मलहोत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालतों से सजा अपराध की गंभीरता के अनुरुप मिलनी चाहिए और इनका नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस असर पड़ना चाहिए पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर सड़क द्र्घटना के दोषियों के साथ कड़ाई बरतने पर जोर दिया है न्यायालय ने कहा कि देश में मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ सड़क दुर्घटना में मारे जाने और घायल होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस महानिदेशकों के कार्यकाल का निर्धारण करने का जोर दिया है पुलिस रिफार्म डे के मौके पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट पुलिस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने पुलिस विभाग में खाली पदों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें भरने को कहा श्री नायडू ने कहा कि दो हजार चौदह में गुवाहाटी में राज्यों के प्रलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिस अर्थात संवेदनशीलफुर्तीली जवाबदेह और टेक्नोलोजी सक्षम पुलिस की अवधारणा स्थापित की थी उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों को आधुनिक उपकरण और हथियार देने के साथ ही वाहनों और संचार सुविधाओं में सुधार पर बल दिया श्री नायडू ने कहा कि अपराधिक मामलों की त्वरित जांच के लिए फारेंसिक लैब स्थापित की जानी चाहिए ईस्ट सियांग जिले के मनोरम पर्यटन स्थल बोडक में पहली बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल शाम म्यूजिक नाईट का आयोजन किया गया इस अवसर पर जिला उपायुक्त किन्नी सिंह और स्थानीय विधायक लंबो तायेंग मौजूद थे उन्होंने प्राकृतिक रुप से खुबसूरत बोडक के सौंदर्य को संरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोगों से एक जूट होकर प्रयास करने को कहा

दुर्गा पूजा के तीसरे दिन महाअष्टमी को इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है आज देवी के सभी नौ रुपों की पूजा की जाती है आमतौर पर इस दिन कुमारी पूजा और संधि पूजा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में दुर्गा पूजा की धुमधाम है देवी दुर्गा को शक्ति साहस और करुणा का प्रतीक बताते हुए श्री मोदी ने समाज के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा है

इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर दापोरिजो पासीघाट सहित प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र में दुर्गा पूजा की चहल पहल देखी जा रही है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 आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया